प्रदेश में विधान परिषद की बारह सीटों के लिये चुनाव कार्यक्रम घोषित ग्यारह जनवरी को जारी होगी अधिसूचना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि आधारित गतिविधियों के विकास के द्वारा प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने के क्रम में कल किसान कल्याण मिशन का शुभारम्भ किया इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी आठ सौ पच्चीस विकास खंडों में यह जागरूकता महाभियान चलाया जायेगा लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण मिशन कृषक भाइयों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम है उन्होनें कहा कि प्रत्येक विकास खंड में किसान उत्पादन संगठन एफपीओ का गठन किया जाना है किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में इन किसान उत्पादन संगठनों की बड़ी भूमिका होगी उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से परचित कराने के लिए प्रदेश के सभी विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन शुरू किया जा रहा है यह एक वृहद कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकारें किसानों के कल्याण के लिये लगातार काम कर रही हैं और सरकार किसानों को आत्महत्या के रास्ते से हटाकर आमदनी की राह पर ले आई है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ती के लिये हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी उपलब्ध कराया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषक मुआवजे का लाभ उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो में किसान हित में जितना कार्य हुआ है उतना सत्तर वर्षो में नहीं हुआ किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत कल प्रदेश के तीन सौ तीन ब्लाकों में कार्यक्रम आयोजित किये गये आगामी तेरह जनवरी को भी तीन सौ तीन ब्लाकों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इसके बाद इक्कीस जनवरी को शेष दो सौ उन्नीस ब्लाकों में कार्यक्रम करना निर्धारित है इस मिशन का समापन चौबीस जनवरी को यूपी दिवस के अवसर पर किया जायेगा निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के अंतर्गत राज्य में बारह सीटों के लिये चूनाव की घोषणा कर दी है इन सदस्यों का कार्यकाल आगामी तीस जनवरी को समाप्त हो रहा है कार्यक्रम के अनुसार ग्यारह जनवरी को नाम निर्देशन की अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी अट्ठारह जनवरी नाम निर्देशन की अंतिम तारीख है उन्नीस जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और इक्कीस जनवरी तक नाम वापस लिये जा सकते हैं अट्ठाईस जनवरी को इन सीटों के लिये सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जायेगा और उसी दिन पांच बजे से मतों की गिनती की जायेगी उन्तीस जनवरी से पहले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करा लिया जायेगा विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल तीस जनवरी को समाप्त हो रहा है वह है डॉ दिनेश शर्मा अहमद हसन आश् मलिक रमेश यादव राम रतन राजभर वीरेन्द्र सिंह साहब सिंह सैनी धर्म सिंह अशोक नसीमुद्दीन सिद्दीकी स्वतंत्र देव सिंह प्रदीप कुमार जाटव और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज के दौर में दुनिया आयूर्वेद योग और नेच्रोपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हेत्थ टूरिज्म का नया डेस्टीनेशन होगा मुख्यमंत्री कल लखनऊ में नव चयनित एक हजार पैंसठ आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने एक सौ बयालीस हेत्थ एण्ड वेल्नेस सेन्टरों का भी शुभारम किया उन्होंने इस अवसर पर योग आयूर्वेद और नेच्रोपैथी में नये शोधों को गति देने का आहवान किया केन्द्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से दस दिन के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे ईय्रके के दस दिन के भीतर हम उसकों यू ए का अर्थ है इमरजैंसी यूज आथोराइजेशन ये बोलचाल की भाषा में शब्दक प्रयूक्त होता है

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि करनाल मुंबई चेन्नई और कोलकाता में चार प्राथंमिक वैक्सीन स्टोर और देश में सैंतीस वैक्सीन स्टोर हैं वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण की तैयारियां बेहतर ढंग से करने के निर्देश देते हए कहा है कि टीकाकरण का कार्य भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा उन्होंने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण के टॉरगेट ग्रप का डाटाफीड और द्वितीय चरण के डाटाफीड की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाये

मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को लगातार जागरूक करते रहने के भी निर्देश दिये

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

स्वास्थ मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विमिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की श्रृंखला जारी की है क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए विन्नहित किया है पहले समूह में हेत्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल है द्रसरे समूह में पचास वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन पर काम कर सकता है नहीं कोरोना वैक्सीन के लिए ये पंजीकरण अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी यदि कोई व्याक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में समर्थ है और क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यंक्ति को वैक्सीन लगाया गया है

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ ने बताया कि पिछली ग्यारह जुलाई के बाद छह माह के अंतराल में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर बारह हजार के नीचे पहुंची है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में पांच लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ उन्सठ कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना से ठीक होने की दर छियान्नबे दशमलव पांच पांच प्रतिशत है केन्द्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्डफ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है कई राज्यों में बर्डफ्लू के फैलने की खबर है केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं